शाम पांच बजे तक गुजरात में सत्तावन प्रतिशत असम में इकहत्तर प्रतिशत छत्तीसगढ़ में चौसठ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में छाछट प्रतिशत वेस्ट बंगाल में उन्यासी प्रतिशत कर्नाटक में बासठ प्रतिशत गोवा में सत्तर दशमलव नौ सात प्रतिशत केरल में पैसठ प्रतिशत त्रिपुरा में सड़सठ दशमलव आठ प्रतिशत बिहार में इक्यावन प्रतिशत और ओडिसा में सैतालीस प्रतिशत मतदान की खबर है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक जिले में भी आज वोट डाले गए सुबह नौ बजे तक लगभग डेढ़ प्रतिशत हुआ मतदान था इस क्षेत्र के बाकी तीन जिलों में लोकसभा चुनाव के चौथे और पांचवें चरण में मतदान होगा तीसरे चरण में गुजरात की सभी छब्बीस केरल की सभी बीस महाराष्ट्र और कर्नाटक की चौदह चौदह उत्तर प्रदेश की दस छत्तिसगढ़ की सात ओडिसा की छह बिहार और पश्चिम बंगाल की पांच पांच असम की चार गोवा की दो दादरा नगरहवेली दमण दीव और त्रिपुरा की एक एक सीट के लिए वोट डाले गए चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं गुजरात में सभी छब्बीस लोकसभा सीटों के लिए तीन सौ इकहत्तर उम्मीदवार चूनाव मैदान में हैं जबकि चार विधानसभा सीटों के उपचूनाव के लिए पैतालीस उम्मीदवार मैदान में है महाराष्ट्र में चौदह लोकसभा सीटों के लिए उन्नीस महिलाओं सहित कुल दो सौ उनचास प्रत्याशी मैदान में है कर्नाटक में युवाओं के बीच मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया गोवा में लोकसभा की दो सीटें और विधानसभा की तीन सीटों के उपचुनाव के लिए भी आज ही वोट डाले गए लोकसभा की दो सीटों के लिए बारह जबकि विधानसभा की तीन सीटों के उपचुनाव के लिए अट्ठारह उम्मीदवार मैदान में है केरल में कुल बीस लोकसभा सीटों के लिए तेईस महिलाओं सहित दो सौ सत्ताईस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी बरेली बदायूं आंवला एटा और पीलीभीत सीटों पर वोट डाले गए छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सात सीटों के लिए एक सौ तेईस उम्मीदवार मैदान में हैं ओडिसा में छह लोकसभा सीटों और विधानसभा की बयालीस सीटों के लिए चुनाव हुआ असम के चार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों गुवाहाटी बारपेटा धुबरी और कोकराझार संसदीय क्षेत्र में वोट डाले गए त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पर दस उम्मीदवार मैदान में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज अहमदाबाद में मतदान किया मतदान केंद्र पहुंचने से पहले उन्होंने सड़क के दोनों और खड़े लोगों का अभिवादन किया गांधीनगर सीट से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ब्रथ के बाहर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने मतदान केंद्र के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत की प्रधानमंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की आयुष मंत्रालय तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद हर्बल औषधियों से संबंधित अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संयुक्त रुप से कार्य करेंगे नई दिल्ली में दोनों संगठनो के बीच इस आशय का एक समझौता हुआ आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इस अवसर पर कहा कि परांपरिक औषधियों के विज्ञान को स्वीकृति प्रदान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है श्रीलंका सरकार ने आज कहा कि देश में रविवार को हुए आतंकवाद हमले न्यूजीलैण्ड में क्राइस्ट चर्च में मस्जिद पर हुए हमले के जवाब में थे रक्षा मंत्री रुवन विजयवर्दना ने आज संसद को बताया कि इन हमलों में अबतक तीन सौ इक्कीस लोग मारे गये है जबकि तीन सौ पचहत्तर लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश के मुस्लिम नागरिक इस आतंकवादी घटना के खिलाफ हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यालयों आकाशवाणी प्रकाशन विभाग और भारतीय बाल फिल्म समिति को आज नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार दो हजार उन्नीस प्रदान किए गए मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने यह प्रस्कार प्रदान किए आकाशवाणी महानिदेशक फैय्याज शहरयार और महानिदेशक समाचार इरा जोशी ने आकाशवाणी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े के दौरान भारतीय प्रेस परिषद पत्र सूचना कार्यालय और बेसिल द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया